श्री मोदी ने कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस योजना का स्वागत किया

हरियाणा प्लिस ने जींद व पलवल जिले से पांच सौ किलोग्राम डोडा पोस्त और चौंसठ किलो गांजा बरामद किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लाख करोड़ रूपये के कृषि आधारभूत ढांचा निधि की शुरूआत की इस अवसर पर सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर होंगे उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों ऋण लेने की साहलियत मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि ये रकम किसानों को कटाई के बाद फसल के प्रबंधन और सामुदायिक सम्पति बनाने के लिए मददगार सिद्ध होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण की सुविधा मिलेगी और रोजगार के नऐ अवसर भी खुलैंगे

श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत के पास फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन के लिए वेयरहाउसिंग कोल्ड चेन तथा खाद्य प्रसंस्करण में निवेश का एक बड़ा मौका है साथ ही जैविक तथा प्रष्ट खादो के क्षेत्र में विश्व पर अपनी पहचान बनाने का भी अवसर है प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान योजना के कार्यान्वयन की गति पर भी संतोष जताया उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का स्तर इतना विशाल है कि अब जारी की गई रकम कई देशों को मिलाकर उनकी जनसंख्या से भी अधिक लोगों तक पहंची है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से की गई घोषणा का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीन कानून लाकर किसानों को आज़ादी दी है और किसानों को अब आर्थिक आज़ादी मिली है रोहतक में भाजपा की किसान संगोष्ठी में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री धनखड़ ने किसानों के लिए मार्कटिंग पर ज़ोर दिया उन्होंने कहा कि किसान को अपनी फसल खुद बेचनी आनी चाहिए वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों की आलोचना भी की प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है क प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना के टेस्ट करवाये गये है और आगे भी जांच जारी रहेगी केन्द्र के दिशा निर्देशों को पूरे तरीके से लागू किया जायेगा

उधर आज जिले में पांच क्षेत्रों को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया

जबकि भिवानी में कोरोना पोजिकिटव का एक नया मामला सामने आया है

प्रलिस ने इस सिलसिले में चार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है हरियाणा पुलिस के प्रवकता ने चंडीगढ़ में बताया कि जींद में सीआईए की एक टीम को गूप्त सूचना मिली थी कि उझाना और नेपेवाला गांव के बीच एक नहर पटरी पर नशीले पदार्थो की खेल रखी गई है इसकी जानकारी मिलते ही प्रलिस ने तुरंत घटनास्थल पर प्रहंचकर बरामदगी की इस सिलसिले में एक मोहित नामक व्यक्ति को भी काबू किया गया है

पुलिस ने मादक पदार्थ रखने के आरोप में जिला नूंह निवासी मजलिस और वसीम को गिरफ्तार किया प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य मामले में पलवल में सीआईए की टीम ने छापामारी के दौरान उत्तरप्रदेश के सिरा निवासी बिश्म्बर को दस किलो तीन सौ ग्राम गांजा बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया सभी आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस अंधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न पुलिस स्टशनों में मामले दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद के इंस्टाग्राम फेसब्क और ट्विटर पेज का अनावरण कर फरीदाबाद पुलिस के दबंगई रोधी अभियान एंटी बुलिंग कैम्पेन की शुरुआत की इसका मकसद हिंसक व्यवहार को बढ़ावा देने वाली समाज विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाना है इस कार्यक्रम का उद्देश्य घर पड़ोस स्कूलों कॉलेजों और कार्यस्थल पर दबंगई की समस्या को चिह्नित करना और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए लक्षित कार्यक्रमों को लागू करना है यह अभियान विशेष रूप से किशोरों को लक्षित रहेगा जोकि इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग है

नई दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदीप सिंह के पिता सुखबीर सिंह महिलक का भी सम्मान करते हये कहा कि श्री प्रदीप की सफलता का श्रेय इन्हें जाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदीप सिंह ने सोनीपत व हरियाणा के साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन किया है

उधर भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे उमराव सिंह को भी सम्मानित किया गया राष्ट्रपति राम नाथ कोविड की ओर भेजा गया सम्मान पत्र य शाल रोहतक के एस डी एम राकेश कुमार ने उन्हें भैंट किया एसडीएम ने स्वंय रोहतक के निगाना गांव के जाकर स्वतंत्रता सेनानी को स्ममानित किया और राष्ट्रपति का संदेश दिया